वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए जा रहे निर्णयों की चर्चा बूथ स्तर पर करने को कहा ऊना में जिला भाजपा की बैठक में आज उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया ताकि प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा विजय हासिल कर सके वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने से पहले कोई विदेश नीति नहीं थी और चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था

बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रही भ्रामक प्रचार से बचने की नसीहत दी

वे आज मंडी में भाजपा की ज़िला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे गोविन्द ठाक़र ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी जन कल्याणकारी योजनाए पहंचे ताकि उन्हें इसका सीधा लाभ मिल सके उन्होंने कहा कि केन्द्र से प्रदेश के विकास को मिल रही धन राशि का सरकार पूरा सदूपयोग कर रही है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा समयबद्ध करने के निर्देश दिए हैं आज नाहन में जन समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को पारदर्शी व जवाबदेह शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उददेश्य से जनमंच कार्यकम शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि नाहन क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाया जाएगा और इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी रामस्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि केन्द्र सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है और शोषित वर्ग के लिए पिछले चार साल में विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं एक बयान में उन्होंने कहा कि केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व यूपीए सरकार ने गरीब व दलित वर्ग का शोषण किया और इनके उत्थान के लिए कोई मी योजना शुरू नहीं की गई स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अभियान के तहत बिलासपुर ज़िले के झण्डूता विकास खंड में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान विभिन्न पंचायतों में लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है डीआरडीए के जिला परियोजना अधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि सर्वेक्षण में बिलासपुर ज़िले को चयनित किया गया जिसमें ज़िले को प्रथम रैंकिंग में लाने के लिए लोगों को बताया जा रहा है मौसम प्रदेश के विभिन्न भागों में मॉनसून पूरी तरह सकिय बना हुआ है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है

चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि भारी वर्षा से मणिमहेश यात्रा पर जा रहा एक श्रद्धालू दोनाली नामक स्थान पर भूस्खलन की चपेट में आने में मलबे में दब गया ज़िला प्रशासन ने श्रद्धालु को निकालने के लिए राहत व बचाव दल रवाना कर दिए हैं